नौ सितम्बर से अठारह सितम्बर तक होगा आवेदन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चन्द्रयान टू के लैंडर विक्रम का भू केन्द्र के साथ संपर्क टूट जाने से हम कमजोर नहीं हुए बल्कि इससे हमारा मनोबल और मजबूत हुआ है प्रधानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से सम्पर्क टूटने के कुछ घंटे बाद बेंगलुरु में इसरो केन्द्र सें राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओं से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शों में शामिल है उन्होंने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले क्षण आए हैं लेकिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कठिन परिस्थितियों से उबरा है और अद्भुत कार्य किये हैं

हमें सबक लेना है सीखना है आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रूकना नहीं है हम निश्चित रूप से सफल होंगे हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंदित होने के अनेक अवसर आएंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभी होना है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी जैसा मुझे बताया सब साइटिस्टों ने अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ फिर तो यह बहुत सारी हमें चीजें देता रहेगा

तो ये मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश की इससे पहले कल आधी रात को चन्द्रयान टू के लैंडर विक्रम का चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही धरती से सम्पर्क टूट गया था बेंगलूरू में इसरो के नियंत्रण केन्द्र ने बताया है कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया निर्धारित दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी इसके बाद उसका धरती से सम्पर्क टूट गया इससे पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लैंडर से उनका सम्पर्क टूट गया है प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसरो वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए बधाई दी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश को इसरो पर गर्व है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश कड़ी मेहनत करने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरा देश इसरो की टीम के साथ है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने पहले भी शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है सारण जिले के दिघवारा थाना के सहायक प्रलिस निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को ट्रक चालक से रुपये वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान उन्होंने एएसआई बैजू शर्मा और सैप के तीन जवानों को मैथन चौक के पास ट्रक चालकों से रुपये वसूलते पकड़ा था उन्होंने बताया कि इन सभी पूलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है वहीं जिले के मुफर्सिल थाना क्षेत्र के महाराजगंज में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एएसआई अर्जुन प्रसाद एक वाहन चालक और सैप के दो जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गयी है कल देर रात ड्यूटी के वक्त ये सभी पुलिसकर्मी पुलिस वाहन में सोते हुए पाये गये थे दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत कंसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शराब होने की खबर के बाद छापेमारी करने गयी पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर थानाध्यक्ष समेत चार पूलिसकर्मियों को घायल कर दिया मौके से पूलिस ने लगभग पांच सौ बोतल शराब के साथ एक जीप को जब्त कर लिया है वहीं बेगूसराय पुलिस ने मुफसिल थाना के मोहन ऐघु में एक ट्रक से लगभग पचास लाख रुपए मूल्य की चार सौ नब्बे कार्टन विदेशी शराब जब्त की है बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन सात नवंबर को होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि आवेदन करने की तिथि नौ सितम्बर से अठारह सितम्बर तक निर्धारित की गयी है इसके तहत सात विषयों के लिए परीक्षा ली जाएगी बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे हालांकि कंप्यूटर साइंस में आवेदन करने वालों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक के लिए भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि वर्ग नौ और दस के लिए पच्चीस हजार दो सौ सत्तर और उच्च माध्यमिक के लिए बारह हजार पैंसठ शिक्षकों की नियुक्ति होगी उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के अनुरूप ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा वैशाली जिले के सराय बाजार में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से आठ लाख रुपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि कंपनी का कर्मचारी अपने एक सहयोगी के साथ पैसा जमा करने बैंक जा रहा था इसी दौरान घात लगाये तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है सीबीआई की पटना स्थित विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में सुपौल जिले के जदिया स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को एक वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है दोषी प्रबंधक सीताराम रजक को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में यह सजा सुनाई गयी दरभंगा रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पीट में खड़ी दरभंगा अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लग जाने से करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई गौरतलब है कि पिछले बुधवार को इसी तरह की एक घटना में बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी जलकर नष्ट हो गयी थी समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में इस बात की प्रष्टि हुई है कि दोनों ही घटनाओं में शरारती तत्वों का हाथ है श्री महेश्वरी ने कहा कि वार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आस पास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि बीस सितंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अक्टूबर माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा पूर्व मध्य रेलवे देशभर में सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला रेलवे मंडल बन गया है मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अगस्त माह में पन्द्रह सौ अठासी करोड़ रूपये आय हुई है शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है डुब्बा घाट में नदी खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर है वहीं पिपराही प्रखंड के बेलवा नरकटिया के पास सड़क के ऊपर से पानी के बहाव के कारण शिवहर से मोतिहारी के बीच आवागमन बाधित हो गया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पक्षियों में होने वाले घातक रोग एवियन इनफ्लूंजा एच फाईव एन वन यानी बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने तीन सितम्बर को भारत को एवियन इनफ्लूंजा से मुक्त घोषित किया है दरभंगा जिले के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के सभागार में दो दिवसीय मैथिली लघु फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो गया मैथिली फिल्म अकादमी के तत्वावधान में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में पांच लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा

नौ सितम्बर से अठारह सितम्बर तक होगा आवेदन